इस मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्दांजलि अर्पित की गई

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर स्थित शहीद स्मारक में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की शहादत को नहीं भुलाया जा सकता शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर में एक कार्यक्रम में शहीदों को नमन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की रक्षा की हर एक लड़ाई में हिमाचल के वीर सपूतों का बड़ा योगदान रहा है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के आश्रितों वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को कई सुविधाएं प्रदान कर रही हैं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कारिगल विजय दिवस पर सोलन के चंबाघाट रिथित शहीद स्मारक पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में दो परमवीर चक्र हिमाचल के वीर सैनिकों को उनके शौर्य के लिए प्रदान किए गए थे विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्वांजलि दी

चंबा जिला मुख्यालय में कारगिल दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया गया कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने शिरकत की इस मौके उपायक्त हरिकेश मीणा ने दो वीर नारियों को सम्मानित किया उन्होंने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने आज संसद भवन नई दिल्ली में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री राम विलास पासवान से भेंट की उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से सोलन में भारतीय खाद्य निगम के नए जिले के निर्माण की मांग की वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय शिमला के तहत मंडी और धर्मशाला में दो एफसीआई जिले हैं उन्होंने कहा कि खाद्य निगम के ढली सोलन परवाणू टापरी और कालाअंब स्थित डिपो क्षेत्रीय कार्यालय शिमला के अधीन कियाशील हैं जिनका प्रबंधन कठिन भौगोलिक परिश्थितियों के चलते बेहद मुश्किल है केन्द्रीय मंत्री ने वीरेंद्र कश्यप को आश्वासन दिया कि सोलन में अलग एफसीआई जिले के निर्माण संबंधी जांच प्रकिया जल्द ही की जाएगी ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके

सोलन जिले में अर्की विधानसभा क्षेत्र की क्यार कनेता पंचायत के लोहारघाट में कल एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही सहजल ने कहा कि केन्द्र ने राज्य सरकार को जनकल्याण के लिए विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ताकि इनके लिए समुचित धन उपलब्ध करवाया जा सके उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारघाट के भवन का शिलान्यास भी किया प्राकृतिक रवेती लाहौल स्पिति जिले की खंगसर पंचायत के जगला में कृषि विभाग द्वारा किसानों को शून्य लागत प्राकृतिक खेती के तहत जीवामृत तकनीक के संबंध में जागरूक किया गया जिला कृषि अधिकारी हेमराज वर्मा ने बताया कि जीवामृत मिट्टी में प्राकृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और फसलों को पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाता है उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती से मिट्टी की उर्वरक क्षमता लगातार कम हो रही है हेमराज वर्मा ने किसानों से जीवामृत बनाने और प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया

उद्यान विभाग के विषय विशेषज्ञ रतन सिंह ठाक्र ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविर से युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और स्वाबलंबी बनकर दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं

इस बीच प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं ने बताया कि उन्हें शिविर के माध्यम से खुम्ब उत्पादन की नवीनतम तकनीकों की जानकारी से भविष्य में लाभ मिलेगा मौसम प्रदेश में मॉनसून सकिय बना हुआ है और अधिकांश क्षेत्रों में जोरदार वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है भारी वर्षा से नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है कुल्लू जिले में सुबह से लगातार हो रही वर्षा के कारण ब्यास व पार्वती नदियां उफान पर हैं